राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वघर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया अगले वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पचासर्वी जयंती के उपलक्ष्य में वर्षमर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ आज से हो रहा है संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है सत्रह जून दो हजार सात को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि गांधी जी का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा और वे मार्गदर्शक बने रहेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टवीट संदेश में कहा कि बापू के सपनों को साकार करने का यह महान अवसर है एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक से मेंट में श्री मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी विश्वभर के करोड़ों लोगों के लिए प्रमुख प्रेरणा च्रोत हैं जो समानता सम्मान समावेशी और सशक्तिकरण का जीवन जीना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश ने भी राजघाट जाकर पृष्पांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांवी और यूपीए के नेता सोनिया गांवी ने भी राजघाट जाकर श्रद्वास्मन अर्पित किए देश विर्देश में गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे है गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन परिसर में महात्मा गांधी की आठ फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई इस मौके पर आकाशवाणी के महानिदेशक फय्याज शहरयार वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को पृष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर गांधी जी के प्रिय भजन गाये गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज प्रदेश में भी उन्हें भावमीनी श्रद्वांलिज अर्पित की गयी कई स्थानों पर संगोष्ठियों के आयोजन किये गये जिनमें वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है

श्री मोदी ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हए कहा कि शास्त्री जी सौम्य व्यक्तित्व क्शल नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे उनके नेतृत्व में उन्नीस सौ पैंसठ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्व जीता था उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ में शास्त्री जी को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे धरती के लाल थे और सरल जीवन तथा ऊंची सोच में विश्वास रखते थे चन्दौली जिले के पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर के उनकों याद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ विश्व के लिए चार मंत्र दिये हैं नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए फोर पी आवश्यक है और ये चार पी का हमाता मंत्र है पोलिटिकल तीडरशिप पक्लिक फॉडिंग पार्टनरशिप पीपल्स पार्टिसिपेशन दिल्ली डेक्लरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन चार महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है स्वच्छ भारत अभियान के भारत के लोगों का मिजाज बदल दिया किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हुई है ईलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है और जब ऐसी खबर मिलती है तो कितना संतोष मिलता है करोड़ो भारतवासियों ने इस आंदोलन को आसा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया स्वच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोज इफैक्ट सिद्ध हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता जहां दो हजार चौदह में अड़तीस प्रतिशत थी वह अब बढ़कर चौरान्नबे प्रतिशत हो गयी है पांच लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बवाई दी उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांवी को एक सच्ची श्रद्वांजलि होगी इस अवसर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन बन गया है